बिहार की चालीस सीटों के लिये किये गये सर्वेक्षणों में एनडीए को तीस से चालीस सीटें मिलने का अनुमान है जबकि महागठबंधन को शून्य से ग्यारह सीटों पर जीतते हुये दिखाया गया है इंडिया टुडे एक्सिस ने राज्य में एनडीए को अड़तीस से चालीस सीटें दी है वहीं महागठबंधन को शून्य से दो सीटें मिलने का अनुमान है एबीपी एसी नीलसन ने एनडीए को सबसे अधिक चौंतीस सीटें दी हैं महागठबंधन के खाते में एजेंसी छह सीटें दे रहा है इंडिया टीवी और न्यूज टवेंटी फोर चाणक्य ने एनडीए को बत्तीस बत्तीस और महागठबंधन को आठ आठ सीटें मिलने का अनूमान जताया है रिपब्लिक सी वोटर ने एनडीए को तैंतीस और महागठबंधन को सात टाईम्स नाउ ने एनडीए को तीस और महागठबंधन को दस सीटें मिलने की संभावना जतायी है वहीं रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को अठाईस से इकतीस और महागठबंधन को आठ से ग्यारह सीटें दी हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मतदान बाद के सर्वेक्षण पर संदेह करने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि जब अनेक सर्वेक्षण एक ही संदेश देते हैं तो परिणाम की दिशा मोटे तौर पर संदेश के अनुरूप होगी फेसब्क पर अपने ब्लॉग में जेटली ने कहा कि मतदान बाद सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित हैं और ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है उन्होंने कहा कि अगर ब्रहस्पतिवार को अंतिम नतीजे और एग्जिट पोल के नतीजे एक ही दिशा में आते हैं तो विपक्ष का ईवीएम के मुद्दे का बहाना भी खत्म हो जाएगा वित्तमंत्री ने कहा कि यदि दो हजार चौदह के चुनाव परिणामों के साथ ही इन सर्वेक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो यह स्पष्ट होगा कि भारतीय लोकतंत्र में भारी परिपक्वता आ रही है और मतदाता अपनी पसंद तय करने से पहले राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है एक्जिट पोल के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुये प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में बड़ी मुश्किल से महागठबंधन का खाता खुल पायेगा उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में एनडीए का परचम लहरायेगा इधर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि वे एक्जिट पोल में नहीं असली नतीजों में विश्वास रखते हैं उन्होंने केन्द्र और राज्य के सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया कि कुछ विशेष संस्थानों और संसाधनों की मदद से वे साजिश रच रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शीर्ष नेता ब्रहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले कल रात्रिभोज पर मिलेंगे यह बैठक नई दिल्ली में होगी जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के नेता आम चुनावों के संभावित परिणामों पर रणनीति तैयार करेंगे बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के अध्यक्ष नीतीश कुमार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी पार्टी मुख्यालय में होगी दोनों बैठकें एग्जिट पोल की पृष्ठभूमि में हो रही हैं मतदान बाद इन सर्वेक्षणों में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिये निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वजगृहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है मतगणना केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं इधर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा चुनाव के सटीक और ताजा परिणाम उपलब्ध कराने के लिये व्यापक प्रबंध किये हैं

सूचना मिलने पर अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है

विधान परिषद के दो रिक्त पदों के लिए सात जून को होने वाले उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जायेगी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि अठाईस मई है अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और उम्मीदवार इकतीस मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं वोटों की गिनती सात जून को होगी भाजपा के एमएलसी सूरज नंदन प्रसाद और राजद के एमएलसी सैयद खुर्शिद मोहम्मद मोहसीन के निधन के कारण यह उप चुनाव कराया जा रहा है कटिहार और मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने आज दिन दहाड़े अलग अलग घटनाओं में दो व्यवसायियों से बाईस लाख रूपये से अधिक लूट लिये कटिहार में नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत शिव मंदिर के पास नकाबपोश अपराधियों ने एक चावल व्यवसायी से बारह लाख रूपये लूट लिये व्यवसायी बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था इधर मुजफ्फरपुर जिले के कर्जा थाना क्षेत्र के पताही हवाईअड्डा के पास अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर दस लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली इलाज के दौरान मैनेजर की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है इधर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये कर्जा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है जबकि सदर थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वहीं खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अन्तर्गत बलक्ंडा गांव के पास अपराधियों ने प्रधानाध्यापक को गोली मार दी और तीन लाख रूपये लूट कर फरार हो गये स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान प्रधानाध्यापक की मौत हो गयी इधर भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने दिनदहाड़े बंधन बैंक की सबौर शाखा से पचास हजार रुपये लूट लिये मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अररिया सुपौल सहित अन्य जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी तेज धूप और लू का प्रकोप जारी रहा सुबह से लेकर देर शाम तक गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पटना का इकतालीस दशमलव चार भागलपुर इकतालीस दशमलव छह और पूर्णिया में अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन का तापमान औसत से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा और लू की स्थिति बनी रहेगी इधर मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बाईस मई से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश की शुरूआत हो सकती है अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गड्ढे में स्नान के दौरान डूबकर दो बच्चियों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया गम्भीर स्थिति में उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है इधर मुंगेर जिले के हमजापुर थान क्षेत्र अन्तर्गत गंगा नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची के ड्रब जाने की खबर है स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश की जा रही है